इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जाएगा

मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल लखनऊ में नगरीय विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्ट्रीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर के लिये भोपाल के महापौर आलोक शर्मा और अमृत योजना संबंधी बाण्ड जारी करने के नवाचार के लिये इंदौर महापौर मालिनी गौड़ को पुरस्कृत किया भोपाल स्मॉर्ट सिटी के इन्टिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को अभिनव पहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया

इस सेवा में राज्य स्तर की सीएम हेल्पलाइन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेवा के साथ साथ आपातकालीन फायर पुलिस और हेल्थसेवा एक सौ आठ शामिल हैं जबकि शहर स्तर की सेवा में मेयर एक्सप्रेस पब्लिक बाइक शेयरिंग स्मार्ट स्ट्रीट लाईट आदि को मॉनिट्रिंग और कंट्रोल किया जाता है

कल राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने शासकीय कार्य बंद रखें परिवहन कार्यालय बन्द रहने के कारण लोगों के लायसेंस और गाड़ियों की फिटनेस सहित अन्य काम प्रभावित हुए

बाघ दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है

इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण और इसके लिए जागरुकता लाना है

दमोह के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय और शहडोल के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जयसिंहनगर को ढाई ढाई लाख रुपये की राशि दी गई है

मौसम प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से तेज बारिश की संभावना चार पांच दिन के लिए टल गई है मॉनसून के कमजोर पड़ने से प्रदेश में पिछले दो दिनों से कहीं पर छिटपुट और कहीं पर हल्की बारिश हो रही है यह स्थिति पांच दिन तक बने रहने की संभावना है वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने का अनुमान है इसके बाद ही प्रदेश के मॉनसून में बदलाव आने की संभावना है इसके लिए चार से पांच दिन और इंतजार करना पड़ सकता है मौसम विभाग ने बताया कि आज प्रदेश के जबलपुर रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है राज्य के शेष हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है राजधानी भोपाल में आज आकाश की स्थिति मेघमय बने रहने का अनुमान है शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है हमारे धार संवावदाता ने बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जिले में कम वर्षा दर्ज की गई है अभी तक जिले में तीन सौ पंद्रह दशमलव सात मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है वहीं मुरैना के जौरा और केलारस तहसील के सोन और क्वारी नदी पर छह महीने पहले शुरू किये गये पुलों की सड़क पर बारिश के बाद बड़ी दरारे आ गई है इन दोनों ही पुलों का औपचारिक शुभारंभ अगस्त में होना था

सिंगरौली में पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन यथार्थ शुरू किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज अटेर क्षेत्र के लिए भिण्ड से रवाना होगी

इसके लिए हर जरूरी कदम उठायें जायेंगे

पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी पिछोर के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई है जो चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है